जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलों में इसके लिये जमीन आवंटन कर दिया गया है और कई जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है लोक निर्माण विभाग को सभी जिलों में नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया कि ग्वालियर चंबल और रीवा संभाग का दौरा कर स्ट्रांग रूम के संबंध में चल रही कार्यवाही की समीक्षा रिर्पोट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें बैठक में लोक निर्माण विभाग की पीआईयु के संभागीय अधिकारी उपस्थित थे पेड न्यूज संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने कहा है कि पेड न्यूज के संबंध में सजगता के साथ कार्य किया जाय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ता राव के निर्देश पर मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों की कल समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री कौल ने कहा कि पेड न्यूज विधानसभा चुनाव में गंभीर मुद्दा होगा इसको पूरी गंभीरता के साथ देखा जाये प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रत्येक चैनल की मॉनीटरिंग में चौकसी रखी जावे पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचार से है जिसके प्रकाशन के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया हो किसी पार्टी अथवा अभ्यर्भी के संबंध में एक सा विज्ञापन सभी न्यूज पेपर में प्रकाशित किया गया हो

आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में छतरपुर जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय जैन और महिला सशक्तिकरण अधिकारी ऊदल सिंह को कल सागर संभाग मुख्यालय भेज दिया गया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शनिवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट में छट्टी के दिन महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगे फोल्डर बांटने के मामले को लेकर की गयी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गयी

इस वर्ष व्याख्यानमाला का विषय है सभी के लिए आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस समावेशी विकास में आर्टिफिषियल इंटेलिजेंस का योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे एनवीआईडीआईए कार्पोरेशन के अध्यक्ष और सह संस्थापक जेन्सेन हुआंग प्रमुख व्याख्यान देंगे इसमें कई केंद्रीय मंत्री नीति निर्माता विशेषज्ञ नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे

प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह भी किया कि वे आने वाले ओलंपिक में मंच पर पहुंचने के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और कड़ी मेहनत करें श्री मोदी ने खिलाडियों को आश्वासन दिया कि सरकार उन्हें सभी आवश्यक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी मोदी वीडियो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व के प्रसिद्ध गायकों के स्वर में महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए का वीडियो साझा कर रहे हैं श्री मोदी ने कल एक ट्वीट संदेश में मैक्सिको मंगोलिया और मोरक्को के गायकों द्वारा गाये इस भजन को साझा किया

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं ओलंपिक सम्मान भारतीय ओलम्पिक संघ ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में तीसरे युवा ओलम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को कल नईदिल्ली में एक समारोह में नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आईओए के अध्यक्ष डॉ नरेंद्र ध्रव बत्रा और महासचिव राजीव मेहता ने इन युवा खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किये भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी एथलेटिक्स बैडमिंटन पुरुष और महिला हॉकी जूडो निशानेबाजी भारोत्तोलन और कुश्ती में पदक जीते

इसके अलावा पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिक्स्ड इवेंट में भी भारतीय खिलाड़ियों को एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने में कामयाबी मिली

उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है